मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश व्यापी आर्थिक गणना की श्रूआत की कहा इससे रणनीति बनाकर आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मिलेगी मदद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार प्रदेश के अधिकांश भाग शीतलहर की चपेट में सामान्य जन जीवन प्रभावित केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जानबुझकर लोगों को ग्मराह करने का विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कल नई दिल्ली में पूर्वी दिल्ली हब के विकास के लिए कड़कड़्ड्मा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हों ने कहा कि दिल्ली में हाल की हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है श्री शाह ने कहा कि अब दिल्ली के लोगों द्वारा कांग्रेस को सजा देने का समय आ गया है सिटीजनशिप अमेडमेंट विल पर संसद के अंदर चर्चा हुई सब जगह चर्चा हुई कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था इधर उधर की बातें करते रहें बाहर निकलकर इसमें भ्रम फैलाना चालू किया और दिल्लीइ को आसान था मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसके नेतृत्वी में ट्रकड़े ट्रकड़े गैंग जो दिल्लीक के अशांति के लिए जिम्मेसदार है इसको दण्ड देने का समय आ गया है

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में एक नई कार्य संस्कृति शुरू की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कानुनी प्रक्रिया संबंधी रूकावटों को दूर किया और दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले चालीस लाख लोगों को मालिकाना हक प्रदान किए श्री शाह ने कहा कि झ्ग्गियों को मकानों में बदलने की अवधारणा सबसे पहले केन्द्र की इसी सरकार ने श्रू की थी गृहमंत्री ने कहा कि सिख विरोधी दंगों के बाद कई बार कांग्रेस सरकार सत्ता में रही लेकिन इस बारे में कोई जांच नहीं कराई गई उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया और अब दोषी सलाखों के पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर झुठ फैलाने का आरोप लगाया है पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हिरासत केन्द्र खोले जाने के बारे में अफवाहों पर कहा कि कांग्रेस ने ही असम में तीन ऐसे केन्द्र खोले थे असम सरकार ने विदेशी और अवैध घोषित किए गए प्रवासियों को उनके मूल देश वापस भेजने तक रखने के लिए गोलपाड़ा कोकराझार और सिलचर में तीन हिरासत केन्द्रर बनाए

श्री पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि देश में ऐसा कोई हिरासत केन्द्र नहीं है जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनने के बाद देश के मुसलमानों को रखा जाएगा लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस तरह की अफवाह फैला रहे हें प्रदेश पुलिस ने आज जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए राज्य में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं पुलिस शांति और जागरूकता समितियों के माध्यम से नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई बैठकें आयोजित कर रही है साव्वानी बरतते हुए प्रशासन ने अलीगढ़ आगरा मथुरा और बुलन्दशहर सहित राज्य के कई जिलों में कल रात से इंटरनेट सेवा बंद कर दी है राज्य में इन प्रदर्शनों में अब तक उन्नीस लोगों की मौत हो चुकी है इस सिलसिले में जो भी मामले दर्ज किए गये हैं उनकी जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया गया है दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने तीन सौ बहत्तर लोगों के खिलाफ सम्पत्ति जब्त करने के नोटिस मेजे हैं पुलिस ने कहा है कि आज तक कुल तीन सौ सत्ताईस एफ आई आर दर्ज की गई है और एक हजार एक सौ तेरह लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने दंगाइयों की तस्वीरें जारी की हैं और लोगों से इनके बारे में जानकारी देने को कहा है

कल लखनऊ में प्रदेशव्यापी आर्थिक गणना की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गणना के लिये राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है और इसके साथ ही जिला स्तर पर जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है जहां देश के तीन शीर्ष निर्यातक प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश की गिनती होगी उन्होंने कहा कि आर्थिक गणना तथ्यपरक होनी चाहिये आमजनों से जुड़ी हई होनी चाहिये और इसकी सही और सटीक जानकारी को लेकर हम एक ठोस रणनीति के तहत आगे के कार्यक्रमों को तय करेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाने के लिये शुरू की एक गई एक जिला एक उत्पाद योजना के चलते प्रदेश का निर्यात अट्ठाईस फीसदी बढ़ा है और पांच लाख नौजवानों को सीधे रोजगार मिला है

इस श्रृंखला में आप रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले भ्रम और वास्तविकताओं से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक श्रम यह भी है कि यह देश के मूल नागरिकों और खासकर मुस्लिम समुदाय के हितों पर फर्क डालेगा जबकि वास्तविकता यह हैं कि इस कानून से देश के मूल नागरिकों के हितों पर कोई आंच नहीं आएगी बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इकतीस दिसम्बर दो हजार बौदह तक धार्मिक उत्पीड़न के चलते आने वाले हिन्दू सिख बौद्ध जैन ईसाई और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देना है

लोग अपने संदेश एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य या नमो एप ओपन फोरम और माई जी ओ वी डॉट इन पर मेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल या एसएमएस से प्राप्त लिक पर अपने सुझाव दे सकते हैं यह सुझाव कल तक दिये जा सकते हैं

किसान मोर्चा अध्यक्ष वीएस मस्त ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गावों में किसानों के बीच राष्ट्रीय नागरिकता कानून को लेकर भ्रम की स्थिति के बारे में नाराजगी है उन्होंने कहा कि भाजपा सभी धमॉ के लोगों की पार्टी है और नरेंद्र मोदी सारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के बारे में भाजपा ने कभी नहीं कहा कि यह किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए है और इसका लाभ सभी लोगों को मिल रहा है पूरे प्रदेश में शीतलहर और अत्यधिक ठंड के कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है बर्फीली हवाएं चलने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गयी है राजधानी लखनऊ कानपुर मेरठ बरेली उन्नाव बहराइच गोरखपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्से कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों में बहराइच में सबसे कम तापमान तीन दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया घने कोहरे के कारण लंबी दूरी की दर्जनों रेलगाड़ियां अपने निर्घारित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं मौसम विभाग के अनुसार ठंड और कोहरे से निजात मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है ठंड के कारण प्रदेश के कई जिलों में विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है उद्यर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में रैनबसेरों में जाकर वहां की सुविधाओं को जायजा लिया